मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है साथ ही उसपर बीस लाख रुपये का ज़र्माना भी लगाया गया है दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि ब्रजेश ठाकुर जीवन के बाकी समय तक के लिए जेल में रहेगा अन्य आरोपियों में गुड्डू पटेल रवि रौशन और विकास को भी आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है रवि रौशन पर डेढ़ लाख रुपये और विकास पर चौदह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है उसमें किरण कुमारी शाइस्ता परवीन उर्फ मधु रामानुज ठाकुर मीनू देवी विजय तिवारी और कृष्णा कुमार शामिल हैं अन्य दोषियों नेहा कुमारी हेमा मशीह अश्विनी कुमार मंजू देवी मीनू देवी चंदा देवी और रमा शंकर को दस दस वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी है एक आरोपी इंदू कुमारी को तीन साल जबकि एक अन्य रोजी कुमारी को छह महीने की सजा सुनायी गयी है इन सबों पर अलग अलग राशि का जुर्माना भी किया गया है दिल्ली की साकेत स्थित अदालत ने सभी आरोपियों को पॉक्सो कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बीस जनवरी को दोषी ठहराया था यह मामला पहली बार छब्बीस मई दो हजार अठारह को समाने आया था जब टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट खुलासा किया था कि आश्रय गृह की लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की पिछले साल सात फरवरी से दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत में सुनवाई हो रही थी

पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है अब तक प्राप्त परिणामों में आम आदमी पार्टी पचास सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है जबकि बारह पर आगे है भारतीय जनता पार्टी ने छह सीटों पर जीत दर्ज की है और दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस जदयू लोक जनशक्ति पार्टी और राजद का खाता भी नहीं खुला है दिल्ली विधानसभा की सत्तर सीटों के लिए शनिवार आठ फरवरी को मतदान हुआ था पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में जेल में बंद पुलिस भवन निर्माण निगम के सहायक सचिव करमलाल की आवाज का नमूना लेने का आदेश दिया है सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की ओर से मामले के अनुसंधानकर्ता ने एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना की थी कि मामले के सूचक और अभियुक्त करमलाल के बीच हुई रिश्वत की बातचीत की रिकॉर्डिंग की गई है जिसकी जांच के लिए आरोपी की आवाज का नमूना लेना है निगरानी जांच ब्यूरो ने नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के राजस्व कर्मचारी मनोज कुमार को बीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मचारी म्यूटेशन के एवज में रिश्वत ले रहा था पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित दलदली रोड में एक घर में हुए विस्फोट का पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लेते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने का फैसला किया है मामले की जांच अपराध अन्वेषण ब्यूरो सीआईडी की चार सदस्यीय टीम करेगी इधर इस घटना में घायल एक वृद्वा की आज इलाज के दौरान पीएमसीएम में मौत हो गयी राज्य के प्रलिस महानिदेशक ग्र्प्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि नक्सली विचारों को बंद्रक से नहीं बल्कि सकारात्मक विचारों से ही परिवर्तित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि नक्सली इलाकों में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार नक्सलवाद के समर्थकों का विचार बदलेगा श्री पांडेय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में पटना में आयोजित लोक और पारम्परिक कलाकारों के उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे समारोह को संबोधित करते हुए लोक संपर्क ब्यूरो पटना के अपर महानिदेशक एसकेमालवीय ने कहा कि प्रदेश के चार जिलों गया जमुई लखीसराय और औरंगाबाद के अठाईस स्थानों पर ढ़ाई सौ से अधिक कलाकार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे समारोह को लोक संपर्क ब्यूरो पटना के निदेशक विजय कुमार एसएसबी पटना के आईजी संजय कुमार एसटीएफ के डीआईजी विनय कुमार और सीआरपीएफ के कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह ने भी संबोधित किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभूकों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए कल से सताईस फरवरी तक प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जायेगा

उन्होंने बताया कि बैंकों को प्राप्त आवेदनों पर चौदह दिन के अंदर केसीसी जारी करने का निर्देश दिया गया है इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब पश्पालकों और मछलीपालकों को भी दिया जायेगा केन्द्रीय चयन पर्षद् सिपाही भर्ती ने बीस जनवरी को स्थगित की गयी सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है अब यह परीक्षा आठ मार्च को होगी पहली पाली की परीक्षा दिन के दस बजे से बारह बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से चार बजे तक होगी प्रवेश पत्र पर्षद् की वेबसाइट सीएसबीसी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर बीस फरवरी से उपलब्ध रहेगा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गयी इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेन्द्र नगर स्थित पार्क में दीन दयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मंत्री नंदकिशोर यादव और मंगल पांडेय सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे

आज सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और पटना का नौ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है रोहतास के डिहरी स्थित बिहार सैन्य पूलिस परिसर में आयोजित बीसवीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता के पहले दिन आज पन्द्रह गज पिस्टल रिवाल्वर प्रैक्टिस में सीआरपीएफ के गणेश एसएम ने सबसे अधिक इक्यावन अंक लाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है इस स्पर्धा में एनएसजी दिल्ली के जितेन्द्र कुमार को रजत और सीआरपीएफ के सुरेश माली को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पन्द्रह फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के जवान भाग ले रहे हैं सारण जिले के नगरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अरवा कोठी गांव में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से एक लाख दस हजार रुपये लूट लिये वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकानों से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया वहीं जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के दाउदनगर गांव से पुलिस ने केला के बगान से चालीस किलोग्राम गांजा बरामद किया है

वहीं अररिया जिले के सिकटी सीमा चौकी के पास से एसएसबी ने एक तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया है